प्रदेश के पहले और देश के चौथे चरण में होने वाले चुनाव में राज्य की छह लोकसभा सीटों सीधी शहडोल जबलपुर बालाघाट मंडला और छिन्दवाड़ा में मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी होगी इसके साथ ही छिंदवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी आज ही अधिसूचना जारी होगी

इसमें न्यूनतम आय गारंटी योजना सहित अन्य कई महत्वपूर्ण वादे किए जा सकते हैं नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता संर्मेलन में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की नेता सोनिया गांधी द्वारा इसे जारी किया जाएगा घोषणा पत्र में अर्धसैनिक बलों को भी शहीद का दर्जा देने मौजूदा आयकर स्लैब में बदलाव करने रोजगार पर्यावरण शहरीकरण जैसे मुद्दों को भी शामिल किया जा सकता है कांग्रेस का घोषणा पत्र वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के नेतृत्व में गठित समिति ने तैयार किया है

फेसबुक ने कहा है कि जोंच के बाद पाया गया है कि इसके लिए जाली अकांऊट का इस्तेमाल किया जा रहा है हालांकि कांग्रेस ने कहा है कि उनका कोई अधिकृत पेज नहीं हटाया गया है शिवराज सिंह चौहान भोपाल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के विरुद्ध भाजपा द्वारा मजबूत उम्मीदवार उतारने की अटकलों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव लड़ने से इन्कार करते हुए कहा कि वह विधानसभा में निर्वाचित हो चुके हैं श्री चौहान ने कहा कि वह राज्य के लिए काम करना चाहते हैं लेकिन उनके बारे में सभी निर्णय लेने का अधिकार पार्टी नेतृत्व को ही है

श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले चिकित्सा परामर्श अवश्य लें

ऐसे मामलों की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं उन्होंने बताया कि आदर्श आचरण संहिता का पालन सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे यू ट्यूब फेसबूक एवं ट्वीटर पर भी किया जाना वैधानिक रूप से आवश्यक है सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर फेक न्यूज गलत अथवा झूठा समाचार एवं सूचनाएँ घूणास्पद भाषण के माध्यम से आचरण संहिता का उल्लंघन संबंधी मामलों पर निगरानी के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं स्वीप गतिविधियां लोकसभा चुनाव के मददेनर प्रदेश में भी स्वीप गतिविधियां तेज हो गई हैं प्रदेश में मतदाताओं को जागरूक करने के लिये निर्वाचन आयोग कई कार्यकम आयोजित कर रहा है उज्जैन में मतदान के प्रति आम नागरिकों को जागरूक करने के लिये नगर निगम द्वारा विभिन्न आयोजित किये जा रहे हैं इसी क्रम में कल मतदाता जागरूकता के लिए सायकल रैली निकाली गई रैली में सायकल पर मतदाता जागरूकता से सम्बन्धित विभिन्न नारे लिखि तख्तियां प्रदर्शित की गईं थीं वहीं रीवा से हमारी संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है

श्री शुक्ला ने कहा कि सीबीआई अपनी गहरी जांच प्रकियाओं के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में भारत के संविधान और कानून व्यवस्था के मिशन को मूर्त रूप देने में सफल रही है एफएसएसएआई भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधकरण एफएसएसएआई ने अल्कोहल वाले पेय पदार्थों के लिए नये नियम लागू कर दिये जिसके तहत वैधानिक चेतावनी लिखना तथा नयी बीयर या शराब बनाने और बेचने के लिए अनुमति अनिवार्य कर दी गयी है प्राधिकरण ने कल बताया कि पूरे देश भर में शराब और बीयर की बोतल पर एक सी वैधानिक चेतावनी होगी यह चेतावनी अंग्रेजी अथवा एक अन्य स्थानीय भाषा में लिखी जायेगी यह स्थानीय भाषा तय करने का अधिकार संबंधित राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश को दिया गया है बिना चेतावनी वाले लेबल या केन जो पहले से प्रिंट किये जा चुके हैं उनका इस्तेमाल छह महीने तक किया जा सकेगा उसके बाद बिना चेतावनी वाली बोतलों या केन में शराब या बीयर की बिक्री की अनुमति नहीं होगी

उन्होंने इन स्पर्धाओं में टीम स्वर्ण भी जीते यश और श्रेया ने इससे पहले मिक्स्ड टीम राइफल जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे

टॉस जीतकर डेल्ही ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया

आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्सं का मुकाबला रॉयल चेलेंजर्स बैंगलोर से होगा